राज्य के दो सौ पांच परीक्षा केन्द्रों पर इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल परीक्षा आज से

बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कल रात्रि भोज के बाद पन्द्रह मिनट तक एकांत में बातचीत हुई ऐसा माना जा रहा है कि इस बातचीत में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सीटों के बंटवारों को लेकर भी चर्चा हुई मुख्यमंत्री द्वारा श्री शाह के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव समेत दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए इससे पूर्व अमित शाह ने पार्टी की चुनाव तैयारी समिति की बैठक में भाग लिया जिसमें मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गयी बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया इससे पूर्व पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष एनडीए में फूट की अफवाह फैला रहा है श्री शाह ने कहा कि भाजपा इस बात को जानती है कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ किस प्रकार समन्वय बनाकर रखना है श्री शाह ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाना चाहती है श्री शाह आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गये रिजर्व बैंक ने एक अहम फैसला लेते हुए डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का नाम लिखना भी अनिवार्य कर दिया है यह व्यवस्था आगामी पन्द्रह सितम्बर से लागू होगी अभी तक डिमांड ड्राफ्ट पर केवल उसी व्यक्ति का नाम होता था जिसके खाते में राशि जमा होती थी कालेधन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिये गये इस फैसले के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा यह निर्देश सामान्य बैंक और पेमेंट्स बैंक दोनों पर लागू होगा इसके लिए आरबीआई ने केवाईसी की मास्टर डायरेक्शन की धारा छियासठ में भी बदलाव किया है इसके अनुसार डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर और बैंकर्स चेक कराने पर दोनों पक्षों का नाम लिखा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र छात्राओं के नाम पत्र लिखकर उनसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने की अपील की है अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए इस योजना की शुरूआत की गयी है शिक्षा विभाग इस पत्र को डाक और अन्य स्रोतों से विद्यार्थियों तक पहुंचायेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बारहवीं पास छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए मामूली ब्याज दर पर चार लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है केन्द्र सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मुद्दे पर बिहार सरकार की नीति का समर्थन किया है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिये गये शपथ पत्र में केन्द्र सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन की श्रेणी में नहीं आते हैं केन्द्र का कहना है कि दो हजार छह के कानून के तहत भर्ती किये गये शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने जो नीति बनायी है वह सही है इस मामले की अगली सुनवाई इकतीस जुलाई को होगी केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित पुरातत्व महत्व के तीन धरोहर स्थलों को छोड़ कर सभी पर फोटो खींचने की अनुमति दे दी है एएसआई ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किये अंजता की गुफाए लेह पैलेस और ताज महल के अंदर की फोटो खिंचने की अनुमति नहीं है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरोहर स्थलों पर फोटो खींचने की मनाही को अप्रासंगिक करार देते हुए कहा था कि अब यह नियम बदलना चाहिए रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन करने वाले माफियाओं के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारकर अड़तीस ट्रक बालू जब्त किया है पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई उन्होंने बताया कि अवैध रूप से बालू उत्खनन में लगे माफियाओं के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा ऐसी शिकायत मिली है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद माफियाओं द्वारा रोहतास और सीमावर्ती औरंगाबाद जिले में बालू के अवैध उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है ताकि बरसात में इसे अधिक दाम पर बेचा जा सके राज्य के दो सौ पांच परीक्षा केन्द्रों पर आज से इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल परीक्षा शुरू हो रही है जो बीस जुलाई तक चलेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गयी है राज्यभर से कुल एक लाख पचपन हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं रेलवे की ओर से कराये गये सौदर्यीकरण प्रतियोगिता में समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन को देश भर में दूसरा स्थान मिला है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में रेलवे स्टेशनों को सुदंर बनाने के अभियान में भाग लेने वाले स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया स्वच्छता को कला से जोड़कर स्टेशनों की दीवारों को पेंटिंग और स्थानीय कलाकृ तियों से सजाने की इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले साल दिसंबर में किया गया था केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है साथ ही दूसरी काउंसिलिंग के नतीजे भी रोक दिये हैं सरकार ने यह निर्णय तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रो को एक सौ छियानवे अतिरिक्त अंक देने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया है अब उच्चतम न्यायालय से आदेश मिलने के बाद ही दोबारा काउंसिलिंग शुरू होगी पटना के संत जेवियर स्कूल की दो शिक्षिकाओं को चार वर्षीय छात्रा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और अश्लील हरकत करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने शिक्षिका नूतन जोसेफ और इंदु आनंद को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना दोनों के खिलाफ सजा की बिंदू पर बीस जुलाई को सुनवायी होगी प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों मे ऑनलाइन काम अगले वर्ष जनवरी से शुरू कर दिया जायेगा जिससे लंबित मामलों के निपटारे मे तेजी आयेगी और राजस्व संबंधी सभी जानकारियां आमलोगों को मिलने लगेगी बिहार राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने भागलपुर और बांका जिले के राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक करने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने दानापुर प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने विलंब से आने वाले बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले और अन्य अनियमितता के दोषी तेरह कर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया जबकि पन्द्रह कर्मियों को स्पष्टीकरण के साथ वेतन बंद करने और एक कर्मी पर एफआईआर करने का भी निर्देश दिया पटना जिला परिषद की अध्यक्ष अंजू देवी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहीं कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पार्षदों का जुटान हुआ था लेकिन जरूरी पार्षदों का आंकड़ा जुट नहीं पाने के कारण विरोधी गुट ने वोटिंग से पहले ही बैठक का बहिष्कार कर दिया सारण जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के चौदह साल पुराने मामले में दो दोषियों को आठ आठ वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही तीन तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने अमित शाह के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है नीतीश साथ हैं जो जीत लेंगे बिहार दैनिक भास्कर ने केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दिये गये शपथ पत्र को सुर्खी बनाते हुए लिखा है नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है नियमित की तरह समान वेतन प्रभात खबर की सुर्खी है नीतीश के साथ भाजपा का गठबंधन अट्रट एक अन्य शीर्षक है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से

राज्य के दो सौ पांच परीक्षा केन्द्रों पर इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल परीक्षा आज से